प्रदेश में अब तक पांच लाख सत्रह हजार से अधिक कोविड टीके लगाये गये

अगले चौबीस घंटों के दौरान बादल छाये रहेंगे बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

श्री मोदी ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मेड इन इंडिया कोविड टीके बनाकर देश ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन करत हुए एक मिसाल कायम की है बाईट पीएम कोरोना के दौरान मारत ने जो सॉल्यूशन्स दिए है वो आज पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है और जैसा अभी आप सब साथियों को मुझे सुनने का मौका मिला सीजोज ने जो बताया इसमें भी मारत की आईटी इंडस्ट्री ने कमाल करके दिखाया है

जब पूरा देश घर की चार दीवारी में सीमट गया था तब आप घर से ही इंडस्ट्री को स्मूदली चला रहे थे शैते साल में आंकरे दुनिया को मले सी चकित करते हो आपकी धमताओं को देखते हुए मास्त के लोगों को ये बहुत स्वभाविक लगता है इधर पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आयात पर निर्भरता को जिम्मेवार ठहराया है तमिलनाडू में तेल और गैस परियोजनाओं के उद्घाटन समारोह में बढ़ती कीमतों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर आयात पर निर्भरता कम होती है तो मध्यम वर्ग पर इतना दबाव नहीं पड़ता उन्होंने कहा कि सरकार इस निर्भरता को कम करने का दिशा में प्रयासरत है प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक गैस को वस्तु और सेवाकरजीएसटी के दायरे में लाने की प्रतिबद्धता भी जतायी है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे के दौरान पन्द्रह हजार एक सौ तेरासी स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का दूसरा टीका लगाया गया राज्य में अब तक कुल मिलाकर पांच लाख सत्रह हजार से अधिक कोविड टीके की डोज दी जा चुकी है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्वास्थ्यकर्मियों को पहली और दूसरी खुराक मिलाकर अब तक चार लाख बारह हजार से अधिक कोविड टीके की डोज दिये गये हैं दूसरे चरण में अब तक एक लाख पांच हजार से अधिक फ़ंट लाईन वर्कर का टीकाकरण हो चुका है इस बीच राज्य में अब तक दो लाख उनसठ हजार आठ सौ तीस रोगी कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं राज्य में कोविड से स्वस्थ्य होने की दर निन्यानवे दशमलव दो दो प्रतिशत हो गई है यह राष्ट्रीय औसत से एक दशमलव आठ नौ प्रतिशत अधिक है अब तक लगभग दो लाख साठ हजार लोग स्वस्थ हो चुके हैं राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या लगातार घट रही है इस समय विभिन्न अस्पतालों में केवल पांच सौ उन्नीस संक्रमित रोगियों का इलाज चल रहा है अधिकतम ग्यारह मामले पटना के हैं राज्य के चौबीस जिलों में कोविड का कोई मामला नहीं है

महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बताया कि इस संशोधन से जिलाधिकारियों के साथ साथ अपर जिलाधिकारी भी प्रत्येक जिले में किशोर न्याय अधिनियम लागू करने वाली एजेंसियों के कामकाज की निगरानी कर सकेंगे बाईट स्मृति इरानी हर जिले में अब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जिसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी सम्मिलित होंगे उनको अब अविकार दिया जायेगा कि जो ऐजेन्सीज जे जे एक्ट के इम्म्तिमेन्टेशन के लिये जिम्मेदार हैं उनकी फंक्शन्त को मॉनिटर करे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट का चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट अब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अन्तर्गत फंक्शन करेंगे आज तक चाइल्ड वैल्फेयर कमिटि में किसी को भी सदस्य बनाने से पहले बैकग्राउंड चौक विरोधतरू उसका कोई डायरेक्शन प्राप्त नहीं हुआ था जो अनेन्डमेन्ट प्रस्तावित है उसमें चाइल्ड वैल्फेयर कमिटी में सदस्य बनाने से पहले व्यक्ति का बैकग्राउंड चौक एज्युकेशनल क्वालिटीज इन सबको भी अब सम्मिलित किया गया है मूकदमों के तेजी से निपटारे और जवाबदेही बढाने के लिए किशोर न्याय अधिनियम की धारा इकसठ के तहत आदेश जारी करने के लिए अपर जिलाधिकारी सहित जिलाधिकारी को अधिकार प्रदान करने के लिए ये संशोधन किया जा रहा है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने धोखाधड़ी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाये हैं इसके तहत सदस्य अब कागजात के बिना ऑनलाईन नाम और प्रोफाइल में बड़े बदलाव नहीं कर सकेंगे पूरी तरह जांच के बाद ही इसमें किसी तरह का बदलाव किया जायेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केन्द्र सरकार से बिहार की तर्ज पर आरक्षण लागू करने का आग्रह किया है पटना में जदयू कार्यालय में जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में पिछड़े वर्ग के आरक्षण में पिछड़ा और अतिपिछड़ा दो वर्ग अलग अलग चिन्हित हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार की तरह केन्द्र में पिछड़ा कोटे में भी अतिपिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिए जाति आधारित जनगणना पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जाति आधारित जनगणना एकबार फिर कर लेनी चाहिए इससे जनगणना की सही जानकारी मिल सकेगी प्रदेश में मैट्रिक परीक्षा के पहले दिन कदाचार के आरोप में बयासी परीक्षार्थियों को निष्कासित किया गया है सबसे अधिक भोजपुर में इक्कीस मुंगेर में बीस रोहतास और वैशाली में सात सात सारण में छह नालंदा में पांच और पटना सहित अन्य जिलों में एक एक परीक्षार्थियों को निष्कासित किया गया है दूसरे के नाम पर परीक्षा दे रहे पन्द्रह फर्जी परीक्षार्थियों को भी गिरफ्तार किया गया है केन्द्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से देश में गतिशील शिक्षा ढांचा बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है इसके लिए बजट आवंटन बढाया गया है वर्ष दो हजार इक्कीस बाईस के आम बजट में शिक्षा क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए कई शैक्षिक योजनाओं के लिए आवंटन में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मनोज आहूजा ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुरूप इस बजट में महत्वपूर्ण प्रावधान किये गए हैं

यह स्कूल राष्ट्रीय रिष्ठा नीति के सनी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको इम्तीमेन्ट करने के लिये मजबूत करे जायेंगे और इन स्कूलों से इनके पास के जो अन्य स्कूल होंगे यो इनसे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो ऑब्जैक्टिव्स हैं उनका कार्यान्य्यन करना सीख पायेंगे चक्रवात के प्रभाव से प्रदेश में आज सुबह कई स्थानों पर हल्की बारिश हुई है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार रोहतास कैमूर औरंगाबाद और आस पास के जिलों में बारिश दर्ज की गयी है मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले चौबीस घंटों के दौरान दक्षिण बिहार में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है पटना अरवल जहानाबाद नवादा नालंदा और आस पास के क्षेत्रों में जिले में बादल छाये हुए हैं भूमि सुधार और राजस्व विभाग ने प्रदेश में ऑनलाईन दाखिल खारिज संबंधी आदेशों का पालन करने के लिए डीसीएलआर मॉडयूल लागू कर दिया है विभागीय मंत्री रामसूरत कुमार ने पटना में बताया कि लोगों को समयबद्व और पारदर्शी तरीके से सेवा प्रदान करना विभाग का लक्ष्य है इस दिशा में डीसीएलआर मॉडयूल एक सार्थक कदम होगा पश्चिम चंपारण जिले में कौओं में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है पशुपालन विभाग ने सभी जिलों को हाई अलर्ट कर दिया है जनवरी महीने में कौओं के मरने पर सैंपल जांच के लिए कोलकाता भेजा गया था पशुपालन निदेशालय के संयुक्त निदेशक संजय क्मार सिन्हा ने बताया कि बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए मूजफ्फरपूर सहित सभी जिलों में क्विक रिस्पांस टीम गठित किया है इसके अलावा सभी प्रखंडों में पॉलेट्री फार्म की जांच की जा रही है पटना के फुलवारीशरीफ स्थित खगौल नौबतपुर मार्ग में एक वाहन के अनियंत्रित होकर पलट जाने के कारण गया में पदस्थापित कृषि फार्म प्रबंधक गुड्डु कुमार गुंजन की मौत हो गयी नवादा के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत रेलवे क्रासिंग पार करने के दौरान ट्रेन की चपेट में आने से ई रिक्शा पर सवार एक महिला समेत तीन लोगों की मौत हो गयी जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गये कला संस्कृति और युवा विभाग ने राज्य में चार एकलव्य सेंटर फिर से शुरू करने का निर्देश दिया है कोरोना संक्रमण के कारण खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए पिछले कई दिनों से ये सेंटर बंद थे छात्र और युवा कल्याण निदेशक संजय कुमार सिन्हा ने बताया कि पहले चरण में रोहतास में फुटबाल मुजफ्फरपुर में बालक हाकी पटना में बालिका हाकी और नालंदा में शूटिंग एकलव्य सेंटर खोलने का निर्देश दिये गये हैं स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने विडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पटनासिटी में गुरू गोविंद सिंह क्रिकेट एकेडमी का औपचारिक उद्घाटन किया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 दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में तैंतीस लाख फर्जी लाभार्थियों की पहचान की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अखबार की सुर्खी है पीएम किसान योजना के फर्जी लाभार्थियों से की जायेगी वसूली हिन्दुस्तान अखबार ने पटना नगर निगम बजट दो हजार इक्कीस बाईस की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है शहरवासियों को सैर कराने के लिए जहाज खरीदेगा पटना नगर निगम दैनिक भास्कर ने मार्च के पहले हफ्ते से खुलेंगे पांचवीं कक्षा तक के सभी स्कूल की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है प्रभात खबर का शीर्षक है किसानों का आज चार घंटे का रेल रोको आंदोलन दैनिक आज ने टेक्नलॉजी और लीडरशिप फोरम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संबोधन को शीर्षक बनाया है डिजिटल ट्रांजेक्शन से घटा कालाधन

प्रदेश में अब तक पांच लाख सत्रह हजार से अधिक कोविड टीके लगाये गये

अगले चौबीस घंटों के दौरान बादल छाये रहेंगे